भारतीय थार एक्सप्रेस के पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद पाकिस्तानी ट्रेन जीरो पोईन्ट रेलवे स्टेशन पहुंची प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिये पंजीकरण शुरू योजना में शामिल किसानों को साठ साल की आयु के बाद मिलेगी तीन हजार रूपये की मासिक पेंशन

इस अधिनियम में जम्मू कश्मीर को केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है जिसकी अपनी विधानसभा होगी इसमें लद्दाख को बिना विधानसभा के केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है इस बीच जम्मू कश्मीर में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है कश्मीर घाटी में कल कुछ प्रतिबंध के बीच जुम्मे की नमाज अदा की गई जम्मू डिवीजन में जम्मू समेत जम्मू क्षेत्र के सभी पांच जिलों में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है

सभी शिक्षण संस्थाएं आज से खुल गई है हालांकि प्रतिबंधों में छूट दी गई है लेकिन डोडा किश्तवाड़ रामबन राजौरी और प्रंछ समेत अन्य जिलों में प्रतिबंध अभी लागू हैं उधर चीन ने भारत और पाकिस्तान से अपने विवाद बातचीत से निपटाने को कहा है

इससे पहले भारतीय थार एक्सप्रेस आज सवेरे मुनाबाव पहुंची

पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि विंभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से मिले परामर्श के बाद सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गयी है

विधि और न्याय मंत्रालय ने कल इस आशय की गजट अधिसूचना जारी की संसद ने हाल ही में सम्पन्न सत्र में इस विधेयक को पारित किया था

कल जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में इस नीति को जारी करते हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि बायोफ्यूल पर नीति बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है

ऐसे में यदि प्रदेश में बायोफ़यूल का उत्पादन होगा तो इससे रोजगार बढेगा तथा प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी

इस मौके पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रोडवेज की बसों में बॉयोडीजल का उपयोग शुरू किया जाएगा

किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को डेढ हजार रूपए मासिक पेंशन मिलेगी केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार पांच वर्षो में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है और सभी प्रमुख योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के प्रयास कर रही है

इस योजना के दायरे में आने वाले किसानों को तीन बराबर किस्तों में सालाना छह हजार रूपए दिए जाते हैं

इसमें आवासीय खरीदारों को वित्तीय ऋणदाता का दर्जा देने का प्रावधान है

पीठ ने कहा है कि रियल एस्टेट क्षेत्र पर निगरानी रखने वाले रेरा अधिनियम को इन संशोधनों को देखते हुए लागू किया जाना चाहिए

यह निर्देश स्वप्रेरणा से दर्ज एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिये गये अदालत में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य पुलिस सेवा से भारतीय सेवा में पदोन्नति उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में लंबित एक याचिका के कारण अटकी हुई है इस पर खंडपीठ ने इस याचिका की सुनवाई तेजी से करने के निर्देश दिये

नवलगढ़ में कल शाम चौलासी के डालना जोहड़ में डूबने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई मरने वालों में एक व्यक्ति और उसके पुत्र पुत्री शामिल है

घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है यह हादसा पत्थरों से भरे ट्रक और एक कार के टकराने से हुआ

इस दौरान राजधानी जयपूर में भी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है बूंदी जिले में बरसात का दौर जारी है राज्य के सबसे बडे मिट्टी के बांध के चार गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है

बांसवाडा और उसके आस पास के इलाकों में वर्षा का दौर जारी है माही बांध का जलस्तर अपनी भराव क्षमता से कुछ ही कम रह गया है इस बीच प्रशासन ने मध्यप्रदेश में भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए माही बांध के जलस्तर पर नजर रख रहा है